अगर इसकी स्वास्थ्य सेवायें बेहतर होगी तो उसका प्रनाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोक भवन में मेडिसिन और टेलीरेडियोलॉजी सेवा का लोकार्पण करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जन के लिये अच्छी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीमेडिसिन सेवा से दूर दराज तक बेहतर स्वास्थ्य सुक्वियें मुहैया करायी जा सकती है उन्होंने कहा कि अब व्यक्ति को अस्पताल नही जाना पड़ेगा बल्कि अस्पताल ही गरीबों तक पहुंचेगा इस अवसर पर उन्होंने लामार्थियों को गोल्डेन आरोग्य कार्ड का वितरण भी किया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये स्वास्थ्य मंत्री सिद्दार्थनाथ सिंह ने बताया कि गोरखप्र हमीरपुर मिर्जाप्र और बहराइच में क्ल पन्द्रह टेलीमेडिसिन केन्द्रों का शुभारम्म हुआ है इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट की कमी को देखते हुये प्रथम चरण में लखनऊ बाराबंकी और सीताप्र जिले में पन्द्रह टेलीरेडियोलॉजी केन्द्रों का श्भारम्भ किया गया है मुख्य चुनाव आयक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्वक कराने के लिये समी तैयारियां पूरी कर ली है उन्होंने कहा कि आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त आज लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में सी विजिल ऐप लांच किया जायेगा जिसके जरिये कोई भी नागरिक चुनाव से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा शिकायत दर्ज कराने के सौ मिनट के अन्दर अधिकारियों को शिकायत का समाधान करना होगा पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद क्रैशी ने स्वीकार किया है कि जैशे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में है और बीमार है इस आतंकी संगठन ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है भारत ने बुधवार को पाकिस्तान को डोजियर सौंप दिया था जिसमें पुलवामा आतंकी हमले और जैरो मोहम्मद के आतंकी ठिकानों तथा उसके सरगना के पाकिस्तान में होने की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी भारत ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अब भी अपनी जमीन पर आतंकवादी गतिविधियां और ठिकाने होने से इन्कार कर रही है जैशे मोहम्मद पिछले दो दशक से पाकिस्तान में सक्रिय है और इसका मुख्यालय बहावलपुर में है संयुक्त राष्ट्र ने इस आतंकी संगठन को अवैध घोषित कर रखा है इसी संगठन ने दिसम्बर दो हजार एक में भारतीय संसद पर और जनवरी दो हजार सोलह में पठानकोट एयरवेस पर भी हमला किया था भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसके प्रशिक्षण शिविर होने के बारे में पाकिस्तान को सुचना दी थी हालांकि पाकिस्तान हमेशा इससे इन्कार करता रहा है भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में पता है और उनकी जानकारी के बिना आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो सकती अमेरीका ने फिर कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दिए गए इस वचन का पालन करे कि उसके यहां आतंकवादियों को पनाह नहीं दी जाएगी और उन्हें धनराशि भी हासिल नहीं करने दी जाएगी अमेरीका ने गिरफ्तार किए गए भारतीय वायुसेना के पायलट को रिहा करने के पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़ा फैसला लिया और इस सिलसिले में पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के शिविरों पर हवाई हमले किए गए श्री राजनाथ सिंह हैदराबाद में आज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एन आई ए के कार्यालय तथा आवासीय परिसर के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सारी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने वाले हवाई हमलों के बाद जान गए हैं कि भारतीय पक्ष से जवाब आएगा श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पुलवामा के आतंकी हमले की आलोचना करनी चाहिए थी उन्होंने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान को तय करना है कि संबंध किस दिशा में जाएंगे आयुष मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने आज उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी इस अवसर पर श्री नाइक ने बताया कि उनका मंत्रालय यूनानी चिकित्सा और अन्य आयूष प्रणालियों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शोय और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और प्रावधानों की दिशा में अपनी वचनबद्दता के रूप में गाजियाबाद में यह संस्थान खोल रहा है